अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने पिछड़े वर्गों के साथ अत्याचार मामले में कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोगों से अपील खुद को चुस्त दुरूस्त रखने में रोजाना करें व्यायाम

मंत्रिमंडल हमीरपुर के डाक्टर राधाकृष्णन मैडिकल कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र से सौ विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया

बैठक में मैरिट आधार पर प्रवेश प्रदान करने के उद्देश्य से एनआरआई सीटों के कोटे को सीमित करने का निर्णय भी लिया गया

जीवन में विशेष पहचान बनाने वाले राजकीय स्कूलों से उर्तीण पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती शुरू करने के लिए दिशानिर्देशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी इस योजना के तहत ऐसे विद्यार्थियों का नाम संबंधित स्कूल के डिसप्ले बोर्ड अंकित किया जाएगा संसदीय समिति अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ अत्याचारों के मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा है

डाक्टर सोलंकी ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार के मामलों में शीघ्र न्याय के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए उन्होंने हिमाचल में अन्य राज्यों की तर्ज पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आयोग के गठन की बात कही

वीरेन्द्र कंवर पश्ञ पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने देसी नस्ल की गायों के पालन व संरक्षण पर बल दिया है

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि लोगों ने हमेशा से ही देसी नस्ल की गायों पर विश्वास जताया है और ये बेहतर दूध प्रदान करने का स्त्रोत रहीं हैं भेंट हिमाचल कैडर के पांच परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारियों ने आज शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मेंट की ये अधिकारी शिमला के मशोबरा स्थित लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे हैं राज्यपाल ने युवा अधिकारियों से निष्ठा व समर्पण की भावना से काम करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों को समाज व राष्ट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए बाद में इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी भेंट की बिकम सिंह उद्योग मंत्री बिकम सिंह ने मेलों व त्यौहारों को प्रदेश की प्राचीन धरोहर बताया है सोलन जिले के चायल में कल शाम बाबा सिद्ध मेले के समापन अवसर पर उन्होंने लोगों से इस प्राचीन धरोहर को संजोए रखने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि चायल क्षेत्र को पुष्प व बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है और सरकार स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण ईकाईयां लगाने के लिए प्रयासरत्त है बिक्रम सिंह ने चायल में आईटीआई खोलने सहित अन्य मांगों को चरणबद्व ढंग से पूरा करने का भरोसा दिलाया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल व सांसद वीरेन्द्र कश्यप भी इस मौके मौजूद रहे अस्पताल सेवा भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा को जनसेवा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलथ्यि बताया है

उन्होंने कहा कि इस सेवा के माध्यम से विशेष रूप से चलने फिरने में असमर्थ लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है डेजी ठाक्र किन्नौर ज़िला मुख्यालय रिकांगपिओ में आज महिला विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिसकी अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने की उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने शक्ति बटन ऐप और गुड़िया हैल्पलाईन शुरू की है इस मौके महिलाओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विधवा पुर्नविवाह योजना बेटी है अनमोल और माता शबरी महिला शक्तिकरण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक से अपील की है कि वे रोजाना थोड़ा वक्त खुद को चुस्त दुरस्त रखने में लगाएं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि वे कोई ऐसा व्यायाम करें जो वे आसानी से कर सकते हों उन्होंने कहा कि इससे उनके जीवन में सकरात्मक बदलाव आएगा राज्यवर्धन राठौड सुचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी देश सेवा की भावना और अतुलनीय ऊर्जा स्तर से सभी को प्रेरित करते हैं एक ट्वीट में राज्यवर्धन राठौड़ ने फिटनेस चुनौती हम फिट तो इंडिया फिट में भाग लेने और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होने के महत्व को दोहराने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि फिटनेस अभियान में सकारात्मकता है और यह गैर राजनीतिक है

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं उधर कल्लू के ढालप्र मैदान में भी सैंकड़ों लोग योगाभ्यास करेंगे सहायक आयुक्त सन्नी शर्मा ने आज कल्लू में एक बैठक में बताया कि केन्द्रीय आयूष मंत्रालय द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार योगाभ्यास करवाया जाएगा

खेल महाक्भ का शुभारम शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार प्रयासरत्त है उन्होंने प्रदेश में खेलों के विकास के लिए सांसद अनुराग ठाक्र के प्रयासों की सराहना भी की

सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना में स्वीमिंग पूल का श्भारंभ किया

उन्होंने कहा कि लोगों को पूरे साल तैराकी की सुविधा मुहैया करवाने के प्रयास किए जाएंगे सम्मेलन इको दूरिज्म की संभावनाओं को लेकर मनाली के अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज सम्पन्न हो गया इसमें देश विदेश से आए विशेषज्ञों व स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों ने हिमाचल में ईको टूरिज्म की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया समापन अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वन तरूण कपूर ने कहा कि प्रदेश में वन सम्पदा व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन उद्योग का विस्तार किया जा सकता है सेब सीजन शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने आज शिमला में आगामी सेब सीजन की पूर्व तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की

पैंशनर राज्य पैंशनर्ज कल्याण संघ ने सरकार से पैंशनरों की जायज मांगों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है संघ के महासचिव हरिचंद ग्रप्ता ने आज शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची को पैंशनरों की लंबित मांगों के संबंध में एक स्मरण पंत्र प्रस्तुत किया पैंशनरों ने पैंशनर भत्ते को अतिरिक्त पैंशन में बदलने को लेकर प्राथमिकता को आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है कौशल विकास कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कांगड़ा ज़िले के मटौर में युवतियों के लिए दो महीने का कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास परिषद के सहयोग से आयोजित इस शिविर का उद्देश्य युवतियों का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है

चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की औराफाटी पंचायत में कल शाम हुई भारी बारिश से कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया जबकि कई मवेशी भी मलवे की चपेट में आकर दब गए वर्षा से जिले में मक्की आलू व राजमाह की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है जिले के कई अंदरूनी मार्गों पर भूस्खलन से यातायात अवरूद्व बना हुआ है हमारे चंबा प्रतिनिधि विकास ठाकुर ने बताया है कि चंबा के पक्काटाला मोहल्ला में बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया और सड़क पर भी दरारे आई हैं इधर मौसम विभाग ने अगले चार पांच दिन प्रदेश में मॉनसून पूर्व वर्षा की संभावना जताई है